राइट ट्र हेल्थ कान्क्लेव में नगरीय विकास मंत्री ने कहा प्रदेश में शिशु और मातृ मृत्यु दर शून्य पर लाना ही सरकार का लक्ष्य

मोदी शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने थाइलैण्ड की राजधानी बैंकाक में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हए कहा कि भारत और थाइलैण्ड के संबंध काफी मजबूत हैं दोनों देश न केवल भाषा के जरिए बल्कि भावनाओं के जरिए भी एक दूसरे से जुड़े हैं दरअसल हमारे रिश्तों को सरकारों ने नहीं बल्कि इतिहास ने बनाया है

अपने तीन दिनी प्रवास के दौरान आज बैंकॉक के नेशनल इंडौर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भगवान राम की मर्यादा और बुद्ध की करुणा दोनो हमारी साझा विरासत का हिस्सा है

उन्हें भोपाल स्थित राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन शपथ दिलाएंगे श्री मित्तल वर्तमान में मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं राइट टु हेल्थ नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने भोपाल में राइट टु हेल्थ कान्क्लेव के आज दूसरे और अंतिम दिन कहा कि प्रदेश में शिशु और मातु मृत्यु दर शुन्य करना ही सरकार का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि हम शहरों में स्वच्छता पर ज्यादा जोर दे रहे हैं जिससे गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके नागरिकों में स्वच्छता के प्रति व्यवहारिक परिवर्तन लाने के प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि शहरों को प्रद्रषणमुक्त करने सरकार प्रतिबद्ध है कुपोषण कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए आगरमालवा जिला प्रशासन ने मेरा बच्चा नामक एक नई पहल की गई है कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जिले के लगभग ग्यारह सौ कुपोषित बच्चों को जरूरी पोषण आहार उपलब्ध कराने और उनकी देखभाल के लिए शासकीय सेवर्को जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को जिम्मेदारी दी जा रही है कलेक्टर ने स्वयं भी पाँच कृपोषित बच्चों को गोद लिया है छह बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने तथा उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने वाली पुलिस अधीक्षक सविता सोहने ने आकाशवाणी को बताया कि इस पहल से बच्चों की सेहत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आज जारी अपने वक्तव्य में कहा है कि केन्द्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने पर प्रदेशभर में पोल खोल कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि सोमवार को हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपे जायेंगे वहीं इसी दिन भाजपा ने भी प्रदेश में किसान आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया है भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार किसानों को राहत राशि नहीं दे रही है

श्रद्धालु नदी तालाब और झीलों के पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दे रहे हैं राजधानी भोपाल में शीतलदास की बगिया और प्रदेश के तालाबों और नदियों के किनारे बने छठ घाटों पर हजारों की संख्या में छठव्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं

प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी छठ पर्व मनाये जाने के समाचार मिले है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

इस निरीक्षण के बाद जल्दी ही नीमच में इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू हो जाने की संभावना है